प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ग्रामीण भारत में बदलाव लाने और लाखों लोगों को सशक्त बनाने की स्वामित्व योजना का कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारभ करेंगे स्वामित्व योजना का उदेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को मकान के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और संपत्ति कार्ड जारी करना है यह योजना चार वर्ष की अवधि में समूचे देश में चरणबद्व रूप से लागू की जायेगी

इस योजना में लगभग एक लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल फोन पर एस एम एस लिंक के माध्यम से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें व्यक्तिगत रूप से संपत्ति कार्ड का वितरण करेगी

संपत्ति कार्ड होने पर ग्रामवासियों के लिए ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने का रास्ता खुलेगा देश में पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों संपत्ति धारकों के लिए बड़े पैमाने पर संपत्ति कार्ड जारी करने का काम शुरू किया गया है इस अवसर पर प्रधानमंत्री कुछ लाभार्थियों से भी बात करेंगे

राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान सात सौ अड़सठ नए कोरोना संक्रमितों के नये मामलों की पुष्टि हुई है इनमें राजधानी रांची के तीन सौ चौदह मामले शामिल हैं राज्य में अब तक ग्यारह सौ अंठावन मरीज कोरोना से स्वस्थ हो चुके है राज्य में कोरोना मरीजों की स्वस्थ होने की दर नवासी प्रतिशत से अधिक हो गयी है जो राष्ट्रीय औसत पचासी दशमलव पांच शून्य प्रतिशत से अधिक है

इनमें रांची से तीन बोकारो धनबाद और जमशेदपुर से एक एक मरीज शामिल हैं सरकार ने कहा है कि कोविड उपचार करा रहे रोगियों की संख्या नौ सितंबर के बाद कल पहली बार नौ लाख के आंकड़े से नीचे आई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि यह उपचाराधीन रोगियों की संख्या में तेजी से कमी का संकेत है पिछले महीने बीस राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में उपचार कराने वाले संक्रमितों की संख्या में कमी से यह संभव हुआ है मंत्रालय ने कहा कि समय से संक्रमण का पता लगाने व्यापक परीक्षण संक्रमितों को पृथकवास में रखने तथा कारगर उपचार की रणनीति के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं र्ष में भे पाकुड़ जिले में दुर्गा पूजा के मौके पर सरकार के गाइड लाइन का अनुपालन कराने को लेकर कल उपायुक्त कुलदीप चौधरी पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल ने बैठक की इसमें पूजा के दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अधिकारियों को सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन की जानकारी दी गई राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में प्रवेश को लेकर कल सदर एसडीओ सह सचिव समीरा एस की अध्यक्षता में बैठक की गयी इसमें मंदिर परिसर स्थित सभी सातों मंदिरों में एक साथ पांच श्रद्वालुओं को दर्शन करने की अनुमति देने का फैसला लिया गया है वहीं आरती व श्रृगांर मंदिर के पूजारी ही संपन्न कराएंगे श्रद्वालुओं के बीच दो गज की दूरी अनिवार्य होगी मंदिर में पुजारी तिलक नहीं लगाएंगे और प्रसाद का वितरण भी नहीं होगा मंदिर में प्रवेश से पूर्व श्रद्वालुओं के शरीर का तापमान लिया जायेगा और उनके नाम मोबाइल नंबर और पता भी लिखा जायेगा से स मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स के कोविड वार्ड में कोरोना संक्रमित महिला की मौत को गंभीरता से लिया है मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री को उक्त मामले की जाँच कर दोषियों पर सख्त कार्यवाई करने का अनुरोध किया है साथ ही रिम्स प्रबंधन को मामले में कार्रवाई कर सूचित करने का निर्देश दिया है स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश दिये जाने के बाद उन्होंने भी मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है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

यह कार्यक्रम आज रात साढ़े नौ बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है चर्चा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मनोचिकित्सक डॉक्टर नंद कुमार भाग लेंगे

श्री पासवान का बृहस्पतिवार को दिल्ली में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था उनका पार्थिव शरीर कल रात विमान से पटना पहुंचा दिवंगत नेता की अंतिम यात्रा पटना स्थित उनके आवास से निकलेगी दोपहर बाद गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जायेगा

मंत्रालय के अनुसार मौजूदा खरीफ मौसम में पंजाब में धान की अभूतपूर्व खरीद हुई है

उन्होंने कहा कि मनरेगा पार्क ग्रामीणों के लिए एक उदाहरण पेश करेगा जिसका सीधा लाभ ग्रामीणों को मिलेगा उन्होंने कहा कि इस कार्ययोजना के अंतर्गत उद्यान कृषि फूलों की बागवानी मत्स्य पालन मध्यमक्खी पालन उन्नत एवं वैज्ञानिक कृषि और सिंचाई से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा से स आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है प्रत्येक वर्ष दस अक्तूबर को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक उपचार के बारे में जानकारी देने के लिए यह दिन मनाया जाता है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि जागरूकता के अभाव में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मामलों में लोग बात करने से हिचकते हैं और चिकित्सा मदद लेने में संकोच करते हैं डॉ हर्षवर्धन ने लोगों से उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने की अपील की है आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है इस अवसर पर एक ट्वीट संदेश में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत ने प्रवासी पक्षियों के आने जाने के मध्य एशियाई उड़ान मार्गो के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है उन्होंने कहा कि प्रवासी पक्षियों के संरक्षण का अर्थ है इन पक्षियों के ठहरने के जमीनी ठिकानों आई भूमि और समूचे पारिस्थितिकीय तंत्र को संरक्षण करना जो इस तरह की भूमि के आस पास रहने वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद है से स आईपीएल क्रिकेट में आज दो मैच खेले जाएंगे पहला मैच अबुधाबी में किंग्स इलेवन पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच तथा द्रसरा मैच दबई में चेन्नई सुपरकिंग्स और रॉयल चौलेंजर्स बंगलौर के बीच खेला जाएगा

राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया था